प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र को बधाई दी े और इसको हमारी हथियारबंद सेनाओं के अदम्य साहस और बहादुरी की जीत बताया है आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बहाद्र जवानों और उनकी माताओं को सलाम किया ै

श्री मोदी ने कहा कि भारत कभी भी उस हालात को नहीं भूल सकता जब कारगिल की लड़ाई लड़ी गई उन्होंने कहा कि ये घटना उस समय हई जब भारत पाकिस्तान के साथ गहरे सम्बंध बनाने के प्रयत्न कर रहा था पर उसने े हमारे साथ विश्वासघात किया उन्होंने भारतीय फौज की बहाद्री की प्रंशसा की और कहा कि पूरी दुनिया भारत की ताकत को मानती है श्री मोदी ने कहा कि आज देशभर में लोग करगिल जीत को याद कर रहे है उन्होंने नौजवानों से े अपील की कि देश के बहादर योद्वाओं की वीरता और कुर्बानी की कहानियां सांझा करें

उन्होंने कहा कि एक की मृत्यु भी अफसोस जनक होती है परन्तु भारत लाखों लोगों की जान बचाने में कामयाब हुआ है श्री मोदी ने लोगों को चेतावनी दी कि उनको कोरोना से अब अधिक चौकने रहने की जरूरत है उन्होंने नौजवानों और लोगों को इस आजादी दिवस के अवसर पर आने वाले इस महामारी से बचने के लिए प्रण लेने की अपील की उन्होंने े कहा कि आत्म निर्भर भारत के लिए कुछ नया सीखने और सिखाने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने इस मुश्किल घड़ी में देश के ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की उन्होंने लोगों को रक्षा बंधन की बधाई भी दी श्री मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि किस प्रकार छोटे कस्बे और गांवों से निकल कर बच्चों ने खेल और शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रौशन किया उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के दौरान पानीपत की कृतिका केरल में एरनाक्लम से विनायक और उतरप्रदेश के में अमरोहा से उस्मान सैफी से बातचीत की और उनकी उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के काफी हिस्से बाढ़ की चपेट में है पूरा राष्ट्र उन इलाकों के लोगों को सहायता के लिए एकजुट है प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बरसात के मौसम में लोगों को साफ सफाई पर ध्यान रखने और शारीरिक क्षमता बनाये रखने के लिए आर्युर्वेदिक काढ़ा जैसे देसी नुस्खों का प्रयोग करने को कहा

हमारे संवाददाता ने कुरूक्षेत्र हिसार और पंचकूला में एक एक कोविड मरीज की मृत्य होने की खबर है

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि कारगिल विजय दिवस हमारी सेनाओं की निर्भयता और अदम्य साहस का प्रतीक है उन्होंने शहीदों को नमन करते हुये एक टवीट में कहा कि राष्ट्र हमेशा उनके व उनके परविरों का आभारी रहेगा उपराष्ट्रपति े एम वैकेंया नायडू ने भी आज विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र उनकी देशभक्ति को हमेशा याद रखेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद करते हये कि वतन पर मिटन वालों का राष्ट्र सदैव ऋणी व कृतज्ञ रहेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कारगिल युद्ध में शहीद हये सैनिकों को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में श्रद्वांजलि अर्पित की उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाईक चीफ आफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकंद नरवने जल सेनाध्यक्ष एडमिरल कर्मबीर सिंह और वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेष कुमार सिंह ने भी पुष्प चक अर्पित किये कारगिल विजय दिवस पर आज हरियाणा में विभिन्न गांवों व शहरों में शहीदों को श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया पंचकूला के युद्ध स्मारक में मेजर सदीप सागर प्रतिमा पर पृष्प चक अर्पित किया और प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता वीर स्प्रतों को याद किया

सुनील यादव रेवाड़ी के कोसली के रहने वाले है

पलवल में आज इस अवसर पर पर्यावरण सचेतक समिति ने रेलवे स्टेशन पर वृक्षारोपण किया और वीर शहीदों को नमन किया हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने मे उन्हें जांटी की पौध मुहैया करवाई जायेगी ताकि पर्यावरण संरक्षण भी हो सके